मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि कल रात ये नया पॉजिटिव मामला मिला है उन्होंने कहा कि कोविड पोजिटिव असिमटोमेटिक मरीज को क्वारेटिन स्विधा से कोविड केयर केंद्र में शिफ्ट किया गया है और उसकी स्थिति सामान्य बताया जा रहा है प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार ब्धवार शाम तक लेबोरटोरी टेस्टिंग के लिए छह हजार छत्तीस सेंपल्स एकत्रित किए गए जिसमें से पांच हजार तीन सौ अड़तीस निगेटिव और सड़सठ टेस्ट के दोबारा जांच किए जाने के बाद भी निगेटिव परिणाम आए है और एक हजार अट्ठाईस के रिपोर्ट की प्रतिक्षा है

इलाके में सशस्त्र एन एस सी एन म्इवा ग्ट की उपस्थिति की ख्फिया जानकारी मिलने पर सेना और राज्य प्लिस ने संय्क्त अभियान चलाया खराब मौसम और द्र्गम इलाके में चलाए गए तलाशी अभियान में स्रक्षा बलों को हथियार गोला बारुद और अन्य य्द्धक सामग्री हासिल करने में सफलता मिली

इनकी बरामदगी से इलाके में सक्रिय प्रतिबंधित ग्र्प को गंभीर आघात पहंचा हैं

श्री वर्मा ने बताया कि प्लिस जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हए उन्हें आवश्यक मेडिकल किट्स उपलब्ध कराये गये हैं डी आई जी मध्र वर्मा ने कहा कि लॉकडाउन का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तक ज्र्माने के रुप में करीब पच्चीस लाख रुपए वसूले जा च्के हैं

आज विश्वविद्यालय में विभाग आयोजित वेबनार में क्ल पति साकेत क्शवाहा सहित शिक्षण संकाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य में महामारी के कारण पडने वाले आर्थिक प्रभाव और राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के लिए इकनॉमिक रिवाइवल कमेटी का गठन किया है अपने ट्वीट संदेश में उपम्ख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह समिति राज्य को अपनी जरुरी सिफारिश देगी इस समिति में क्ल चौदह सदस्य है जिनमें राज्य के वित्तीय विभाग के प्रम्ख सचिव नाबार्ड ईटानगर के महा प्रबंधक सहित अनेक अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं इकनॉमिक रिवाइवल कमेटी की पहली बैठक आगामी तीस मई को होगी

गौहाटी होते हुए एयर इंडिया का एक विमान पासीघाट एयर पोर्ट पर दो यात्रियों के साथ उतरा पासीघाट एयर पोर्ट उड़ान सेवा से भी जुड़ा ह्आ है और पिछले दो महीनों से लॉकडाउन के कारण विमान सेवा बंद थी हवाई अड्डे पर मौजूद जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने बताया कि दोनों यात्रियों को यहाँ से क्वारेंटिन सेंटर भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि नागरिक उड्डयन के स्रक्षा ब्यूरो के दिशा निर्देशों का पालन स्निश्चित किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले राज्य के एक य्वक का सैंपल जांच के बाद पाजिटिव मिला है और उसका इलाज किया जा रहा है